पुलिस स्मारक केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन भी उनके साथ थे इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अपने पुलिस कर्मियों के महान बलिदान और अदम्य साहस से ही आज हमारा देश सुरक्षित है गृहमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा

राजनाथ दौरा केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सियाचिन ग्लेसियर का दौरा कर वहां की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे श्री सिंह के साथ थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत भी रहेंगे अधिकारिक जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे

जावेडकर बयान सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर कोई निर्णय नहीं लिया है उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा सभी भाषाओं को बढावा दिया है और किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी सरकार जनता की राय लेने के बाद ही इस मसौदे पर कोई निर्णय लेगी पटेल पीसी केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उससे संबंधित कार्य समय सीमा में पूरे किये जाएंगे और नई योजनाएं जल्द लागू की जाएगी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे श्री पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर के आसपास पर्यटन की असीम संभावनाएं है नर्मदा के कई घाटों का जहां पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाना है वहीं डुमका में वन्य जीवों के लिये सुरक्षित पार्क की भी संभावनाएं मौजूद हैं इस दिशा में ठोस योजना तैयार कर काम की शुरूआत की जाएगी सांची द्दध भोपाल दुग्धसंघ ने दूध के दाम में दो रूपये प्रतिलीटर का इजाफा किया है कल से उपभोक्ताओं को बड़े हुए दाम पर ही सांची दूध मिलेगा

वहीं सांची स्टेण्डर्ड कोन स्मार्ट डबल टोन के दामों में एक एक रूपये का इजाफा किया गया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार के लिए पानी की पूर्व निर्धारित मात्रा का प्रबंध करेगी मप्र सरकार हर नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पर काम कर रही है इसके मद्देनज़रसरकार व्यापक नल जल योजना बना रही हैं इस योजना पर क्रियान्वयन के लिए सरकार नाबार्ड और एशियन बैंक से वित्तीय मदद भी लेगी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान इस अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिये है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने मीडियाकर्मियों को जानकारी दी कि लोगों को पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है इसलिए यह अधिनियम लाया जा रहा है

ग्वालियर जिले में प्याज की खरीदी के लिये ग्वालियर और डबरा मंडी को चिन्हित किया गया है रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कल से सात जून तक देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा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

एनसीएल के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक पीकेसिन्हा ने सिंगरौली में कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी

इस अवसर पर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शहर के घटते भूजल स्तर को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिगं की विस्तृत योजना बनाने पर बल दिया कार्यशाला में शहर के सौ एकड़ क्षेत्र को हरियाली युक्त बनाने के लिये व्यापक वुक्षारोपण की योजना तैयार की गयी और अलग अलग क्षेत्रों में किये जाने वाले वृक्षारोपण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया नगर निगम आयुक्त संदीप बांके ने इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्य के लिये सभी विभागों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिये

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक गर्मी का प्रकोप बना रहेगा

इसी के साथ ही रेड अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने लोगों से तेज लू के दौरान लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी है वहीं सिंगरौली रीवा सीधी सिवनी खरगौन बैतूल बुरहानपुर अनूपपुर डिडौरी देवास सतना और छिदवाडा जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की वर्षा और धूल भरी आंधी चलने तथा ग्वालियर रीवा जबलपुर उज्जैन संभाग में लू चलने की संभावना जताई गई है

इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में भी आज बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली

इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक बाबू जण्डेल जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा कलेक्टर बसंत कुर्रे और एसपीनगेन्द्र सिंह ने खेल प्रेमियों को मार्गदर्शन दिया

आयोग ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जबाब मांगा है